उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड़ू ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना सकरार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है आज म्म्बई मे कृषि मे सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को स्म्बोधित करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल स्मार्ट खेती के लाभ पहले से ही देश मे महसूस किये जा रहे है उन्होंने प्रगतिशील ग्रामीण भारत के निर्माण की आवश्यक्ता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नये तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए श्री नायड्र ने कहा कि किसानो को विविधता की आवश्यक्ता है और पोषण तथा मत्सय पालन जैसी जीवित गतिविधियों को अपनाना चाहिए उन्होंने कहा कि किसानों को ऋणों में छूट या बिजली छूट एक स्थायी समाधन नहीं हो सकता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसी भी सरकारी पहल की सफलता सार्वजनिक भागीदारी में नीहित है आज नई दिल्ली में आई टी ओर से इलैक्ट्रोनिक्स विशेषताओं तथा प्रम्ख उद्योगों के प्रम्खों से बातचीत में श्रीमोदी ने कहा कि लोग दूसरों के लिए काम करना चाहते हे और वे समाज की सेवा करना चाहते हे उन्होंने कहा कि हर प्रयास चाहे छोटा हो या बड़ा मूल्यावान होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के य्वा तकनीकी शक्ति है और वे वे तकनीक का इस्तेमाल केवल अपने लिये नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए कर रहे है केन्द्र सरकार ने आज कहा है कि सीबीआई देश की प्रम्ख जांच एजेंसी है और इसकी संस्थागत सत्यनिष्ठावान को बनाये रखना पहली शर्त है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाना एक असाधारण स्थिति है श्री जेटली की कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई करने और सीबीआई की संस्थागत ईमानदारी बनाये रखने के लिए दोनो अधिकारियों आलोक शर्मा और राकेश अस्थाना अंतरिम उपाय के तौर पर अवकाश पर रहेंगे उन्होंने कहा कि संर्तकता आयोग की सिफारिश और सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य सीबीआई की संसथागत सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को बहाल करना है हरियाणा सरकार प्रदेश में पश् संजीवनी सेवा श्रू करेगी जिसके तहत पश्पालकों को मोबाइल पश् चिकित्सा क्लीनिक के माध्यम से निश्ल्क सेवायें उनके घर द्वार पर उपलब्ध कराई जायेंगी आरंभ मे इस सेवा को तीन जिलों जींद यम्नानगर और नूंह के सभी खंडो में श्रू किया जायेगा म्ख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता मे पश्पालन व डेयारी विभाग की एक बैठक मे लिये इस फैसले बारे बतायाकि पायलट आधार पर चलाई जाने वाली इस योजना की सफलता के बाद इसे अन्य जिलों में भी श्रू किया जायेगा

इन तीनों जिलों के प्रत्येक खंड की सेवा में एक मोबाइल वाहन लगाया गया है बैठक में कृषि मंत्री श्री ओ पी धनखड़ भी उपस्थित थे प्रदेश में रोडवेज़ कर्मचारियों की हफ्ते से ज्याद चली आ रही हड़ताल के सम्बध में परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने किलोमीटर स्कीम को ज्याज़ ठहराया है उन्होंने कहा कि यह स्कीम कोई निजीकरण नहीं है बल्कि सिर्फ रोडवेज़ के बेड़े में अतिरिक्त बसें किराये पर लेकर शामिल करने की स्कीम है इस स्कीम को लागू होने से परिवहन विभाग के किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रवक्ता ने कहा कि योजना के संचालन में परिचालक हरियाणा रोडवेज़ का ही होगा जो यात्रियों को टिकटे जारी करेगा और प्राप्त राजस्व को सरकारी खजाने मे ही जमा करेगा योजना मे संचालित बसे हरियाणा रोडवेज के परमिट पर ही चलेगी तथा मार्ग समय सारिणी भी विभाग ही तय करेगा योजना का संचालन से बसों का आवरगमन बढ़ेगा जिससे यात्रियों व सरकार दोनों का हित होगा योजना के संचालन में चालक बस मालिक का होगा जिसके वेतन बस की मरम्मत बीमा जीएसटी व रख रखाव को ट्रांसपोर्ट ही वहन करेगा

महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती आज प्रे हरियाणा में मनाई गई

अम्बाला मंे भी आज वाल्मीकि की प्रकट दिवस धूमधाम से मनाया गया

वाल्मीकि जयंती पर अम्बाला छावनी में शोभा यात्रा भी निकाली गई सिरसा में बाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त आमा तस्नीम ने कहा कि भारत ऋषि म्नियों महाप्रूषों व विचारकों को देश है जिन्होंन द्निया व देश को नई राह दिखाई है यम्नानगर में भी मंदिरों में स्बह से ही श्रदवालुओं की भीड़ है शाम को जगह जगह शोभा यात्रायें निकाली जा रही है जगाधरी में भी जिला स्तरीय समारोह हआ जिसमें विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि महाप्रूषों वर्ग विशेष के नहीं बल्क सांझे होते है उधर फतेहाबद के उपाय्क्त डा जे के आभीर ने कहा कि शिक्षित व अन्शासन में रहने वाले य्वा देश व समाज की तरक्की में सहायक होते है इसलिए य्वा समाज के फेल रही क्रीतियों को खत्म करने की दिशा मे राष्टहित में काम करें महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि हमारे समाज के पथ प्रदर्शक है और उनकी दी गई शिक्षायें आज भी प्रांसगिक है श्रीमती जैन ने सोनीपत मे कहा कि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम ने सोनीपत से ज्ड़ी सभी घटनाओं को जोड़ कर एक अदभ्रत ग्रंथ रामायण की रचना की जिसे आज लोग पूरे आदर से पढ़ते है

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर पलवल में जिला स्तरीय सेमीनार व गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें म्ख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला ने कहा कि प्रदेश सरकार दवारा सभी जिलों में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है और प्रदेश के अंदर एक अच्छा वातावरण बना है महाप्रूषों की जयंती मनाने से आपसी प्रेम व सदभाव आचरण में आता है भिवानी जिले के गांव बलियाली की बेटी का अभी हाल ही में फलाईट लैफ्टिनेट के पर चयन हआ है इकसीक जहां ग्रामीणो को खुशी है वहीं उनके परिजन गदगद है गांव बालियाली निवासी अंकिता पराशर ने पीजीआई रोहतक से एमबीबीएस किया है और इस डिग्री के आधार पर उसका भारतीय वाय्सेना में फलाईट लैफ्टिनेट पद के लिए चयन हआ है वाय्सेा में चिकित्सक बन कर देश सेवा के लिए तत्पर अंकिता ने ग्रामीण अभिभावकों को संदेश दिया है कि वे अपनी बेटियों को हर तरह की शिक्षा देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें

इस दौड़ में भाग लेने वाले हज़ारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है